प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच दूसरी अनौपचारिक शिखर वार्ता सम्पन्न हो गई है वार्ता सकारात्मक माहौल में हुई और सार्थक रही दोनों नेताओं ने तमिलनाडु के मामल्लपुरम में आज दूसरे दिन भी अनौपचारिक वार्ता की उन्होंने होटल ताज फिशरमैन्स कोव में लगभग एक घंटे तक अकेले में विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की इसके बाद दोनों के बीच शिष्टमंडल स्तर की वार्ता हुई इसमें विदेश मंत्री एस जयशंकर और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल भी उपस्थित थे प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि वुहान शिखर बैठक से दोनों देशों के संबंधों में नई गति आई और विश्वास पैदा हुआ है अब तक हमारे बीच द्विपक्षीय और वैश्विक मुद्दों पर महत्वपूर्ण विचार विनिमय हुआ है वुहान स्प्रिट ने हमारे संबंधों को एक नया मोमेन्टम और ट्रस्ट दिया है आज के हमारे चेन्नई कनेक्ट से दोनों देशों के बीच सहयोग का एक नया दौर शुरू होगा वुहान बैठक के नतीजों का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि दोनों देशों के बीच कूटनीतिक संपर्क बढ़ा है प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत और चीन प्राचीन काल से विश्व की बड़ी आर्थिक शक्तियां रही हैं भारत और चीन दुनिया की प्रमुख आर्थिक शक्तियां रही है अब इस शताब्दी में हम फिर से साथ साथ उस स्थिति को प्राप्त कर रहे हैं पिछले वर्ष व्रहान में हमने तय किया था कि हम मतभेद को प्रोवेडेडली मैनेज करेंगे और डिस्प्यूट नहीं बनने देंगे एक दूसरे के कंसर्न के बारे में सेनसिटिव रहेंगे और हमारे संबंध विश्व में शांति और स्थिरता के कारक होंगे राष्ट्रपति जिनपिंग ने कहा कि भारत ने जिस गर्मजोशी से उनका स्वागत किया है वे इससे अभिभूत हुए हैं बाद में दोनों नेताओं ने सिल्क साडियों की बुनाई का प्रदर्शन दखा उन्होंने हस्तशिल्प और प्राचीन कलाकृतियों की प्रदर्शनी भी देखी श्री मोदी ने शी जिनपिंग को उनकी तस्वीर वाली एक शॉल उपहार स्वरूप भेंट की प्रधानमंत्री ने उन्हें कांचीपुरम सिल्क की साड़ी भी भेंट की और ब्यौरा हमारे संवाददाता से जानकारों का मानना है कि यह अनौपचारिक शिखर वार्ता विश्व की दो तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं के बीच आपसी विश्वास और सहयोग को बढ़ावा देगी

दोनों देशों ने कहा कि वे एक दूसरे के इंडीपेंडेंट फॉर्म पॉलिसी का सम्मान करते हैं और एक दूसरे की सनसिटिविटीज को समझते हैं इसके साथ ही क्लाइमेट चेंज डब्ल्यूटीओ और कई अन्य सारे क्षेत्रीय मुद्दों पर भी बात हुई यह केवल नया नजरिया ही नहीं देगी बल्कि आज के चेन्नई विजन और चेन्नई कनेक्ट के जरिए द्विपक्षीय संबंधों को नया रूप भी देगी

इसके अलावा दोनों देशों के बीच प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता हुई श्री गोखले ने बताया कि शिखर बैठक के दौरान दोनों नेताओं के बीच कूल छह घंटे अकेले में बातचीत हुई श्री गोखले ने यह भी बताया कि बातचीत के दौरान दोनों देशों के लोगों के बीच संबंध स्थापित करने पर विशेष ध्यान केन्द्रित किया गया और फैसला किया गया कि इनके बीच संपर्क बढ़ना चाहिए ग्रहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि सरकार ऐसी व्यवस्था बनाने का प्रयास कर रही है जिससे लोगों को सूचना का अधिकार इस्तमाल करने की जरूरत न पड़े क्योंकि सूचनाएं सार्वजनिक रूप से उपलब्ध रहेंगी उन्होंने कहा कि सरकार पारदर्शी ढंग से लोगों तक सूचनाएं ऑन लाइन उपलब्ध करा रही है

उन्होंने कहा कि सूचना के अधिकार से लोगों में प्रशासन के प्रति विश्वास पैदा हुआ है उन्होंने कहा कि भारत ने सूचना तंत्र को पूरी तरह मजबूत बनाने में सफलता पाई है हमारी लोकतंत्र की यात्रा के अंदर आरटीआई ऐक्ट ए एक बहुत बड़ा मील का पत्थर है और हमारी निरंतर चलने वाली लोकतांत्रिक यात्रा का एक महत्वपूर्ण पड़ाव है

सूचना और प्रसारण सचिव अमित खरे ने कहा है कि ऑनलाइन पाठ्य सामग्री के विनियमन के मुद्दे पर गम्भीरता बरती जानी चाहिए उन्होंने कहा कि इंटरनेट पर प्रस्त्रत पाठ्य सामग्री को तैयार करने में नियम स्व विनियमन और विनियमन क अन्य तरीके होने चाहिए जिन्हें व्यापक स्वीकति मिले तथा लागू किया जा सके वे कल मुम्बई म फिल्म प्रमाणन और विनियमन से संबंधित ऑनलाइन पाठ्यक्रम विषय पर आयोजित दो दिन की गोष्ठी के समापन सत्र को सम्बोधित कर रहे थे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

प्रदेश के पांच सौ किलोमीटर लम्बे राज्य मार्गो को चौड़ा और सुदृढ़ करने का काम शीघ्र श्रू कराया जायेगा इसके लिये विश्व बैंक चार सौ मिलियन अमरीकी डॉलर देगा वहीं प्रदेश सरकार अपने संसाधनों से एक सौ सत्तर मिलियन अमरीकी डॉलर उपलब्ध करायेगी लोक निर्माण विभाग के प्रमुख सचिव नितिन रमेश गोकर्ण ने बताया कि दिल्ली में कल इससे संबंधित एमओ यू पर केन्द्र सरकार की ओर आर्थिक विकास विभाग के अतिरिक्त सचिव समीर खरे प्रदेश सरकार की ओर से लोक निर्माण विभाग के विशेष सचिव गिरिजेश कुमार त्यागी और विश्व बैंक के कंट्री हेड जुनैद अहमद ने हस्ताक्षर किये

इसके साथ साथ बौद्ध परिपथ पर स्थित मार्गो क विकास पर भी जोर दिया गया है प्रदेश के हिंडन नागरिक हवाई अड्डे और उत्तराखंड के पिथौरागढ जिले के बीच कल से वाणिज्यिक हवाई सेवा शुरू हो गई

इसका शुभारंभ उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने हिंडन हवाई अड्डे पर आयोजित समारोह में किया

उत्तर प्रदेश औद्योगिक विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष अवनीश कुमार अवस्थी ने पूर्वांचल एक्सप्रेस वे के निर्माण कार्य में गुणवत्ता का पूरा ध्यान रखने और इसे तय समय सीमा पर पूरा करने के सख्त निर्देश दिये हैं विभागीय अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक में आज श्री अवस्थी ने पूर्वांचल एक्सप्रेस वे के निर्माण काय में तेजी लाने के साथ साथ बाधाओं के शीघ्र निराकरण के भी निर्देश दिये इस अवसर पर उन्होंने कहा कि शीघ्र ही यूपीडा द्वारा एक मोबाइल एप लांच किया जायेगा जिसके जरिये पूर्वांचल एक्सप्रेस वे के निर्माण कार्य की दैनिक प्रगति देखी जा सकेगी इस एप के माध्यम से आम जनता भी एक्सप्रेस वे की प्रगति के बारे में जानकारी हासिल कर सकेगी बैठक में यूपीडा के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ निर्माण कम्पनियों के प्रतिनिधि भी मौजूद थे इन दिनों पूर्वांचल एक्सप्रेस वे का निर्माण कार्य तेजी से चल रहा है और वर्ष दो हजार बीस में इस एक्सप्रेस वे के मुख्य मार्ग को खोलने की योजना है सरकार कालीन बनकरों और कारीगरों के कल्याण के लिए देश में हस्तनिर्मित कालीन उद्योग को बढ़ावा देगी केन्द्रीय कपड़ा मंत्रालय के सचिव रवि कपूर ने कल वाराणसी में चार दिवसीय इंडिया कारपेट एक्सपो का उद्घाटन करते हुए कहा कि इसका उद्देश्य हस्तशिल्प और कारोगरों के हितों की सुरक्षा करना है

कपड़ा मंत्रालय के सचिव रवि कपूर ने बताया कि सरकार खासकर निर्मित कालीन को मशीन से बने कालीन से बचाने के लिए इसकी ब्रॉडिंग करेगी उत्तर प्रदेश बिहार ओडिशा छत्तीसगढ़ आंध प्रदेश के नक्सल प्रभावित क्षेत्रों के कालीन बनुकरों को विशेष प्रशिक्षण दिया गया है इस प्रदर्शनी से पूर्वाचल में कालीन उद्योग को बेहद फायदा होगा एस एस यादव आकाशवाणी समाचार लखनऊ संतकबीरनगर में धनघटा पुलिस थाना क्षेत्र के अन्तर्गत चपरा पूर्वी गांव के पास आज घाघरा नदी में एक नाव के पलटने की दुर्घटना में चार महिलायें अभी भी लापता हैं

पुलिस के अनुसार इनमें से चौदह लोग तैर कर बाहर आ गये जबकि चार महिलाएं लापता है नाव में सवार यह सभी लोग धान की फसल की कटाई के लिये जा रहे थे लापता महिलाओं की तलाश के लिये अभियान चलाया जा रहा है

मुख्यमंत्री ने एसडीआरएफ और गोताखोरो की मदद से बचाव कार्य और नदी में डूबे लोगों की तलाश में तेजी लाने के निर्देश दिये हैं